उन्होंने लोगों से यह संकल्प करने को कहा कि देश के अनेक भागों में पानी की कमी के बीच जल की एक एक बूंद बचाएं केंद्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मन की बात कार्यक्रम के जरिए पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरुकता अभियान शुरु करना चाहिए जिसमें न सिर्फ जल संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए बल्कि पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार भी किया जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रयास में समाज को एकजूट होना चाहिए तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोगों को अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं नरेंद्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी साझा करें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया देश के कई भागों में जल संरक्षण के लिए लोगों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में जल संकट से निपटने का कोई इकलौता फार्मूला नहीं हो सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की कमी से हर वर्ष देश के अनेक भाग प्रभावित होते हैं और यह आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में बारिश के पानी का केवल आठ प्रतिशत हिस्सा ही संरक्षित किया जाता है पानी के महत्व को मद्देनजर रखते हुए मोदी ने कहा कि देश में पानी से सबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में ईकसठ करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया यह संख्या अमरीका की पूरी आबादी से भी अधिक है यह यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश के द्ररस्त क्षेत्र में केवल एक मतदाता के लिए मतदान व्रथ लगाया गया था

शिलांग स्थित भारतीय वायुसेना केंद्र के प्रवक्ता विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने बताया कि बचाव दल में वायुसेना के आठ सेना के चार और तीन अन्य कर्मी थे

उन्होने बताया कि वेस्ट सियांग जिले के आलो लाये गए ये सभी लोग स्वस्थ हैं प्रवक्ता ने बताया खराब मौसम के कारण राहत दल को बाहर निकालने के प्रयासों में दिक्कत आ रही थी बचाव दल के सदस्य सत्रह दिनों से बारह हजार फुट की ऊंचाई पर सियांग और शि योमी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में फंसे हुए थे

काफी तलाश के बाद विमान का मलबा सियांग जिले में दस जून को मिला था दुर्घटना स्थल से तेरह शवों को निकालने का काम इस महीने की बीस तारीख को पूरा कर लिया गया था

राज्य विधानसभा सचिवालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विधानसभा अध्यक्ष स्टेशन से बाहर रहेंगे

दापोरिजो में कल सभी विभागों के अधिकारियो के साथ बैठक के दौरान श्री बुइ ने जिले के त्वरित विकास के लिए जनता और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी आग्रह किया बैठक में विभाग के अधिकारियों और अन्य हितधारकों द्वारा रखे गए शिकायतों पर श्री बुइ ने अपनी ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया

अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ ने तवांग में प्रतियोगिता को आयोजित करने में सुविधाओं की अनुपलब्धता के मद्देनजर एसे ईटानटर में आयोजित करने का निर्णय लिया डी के मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता राज्य में शीर्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता हैं जिसमें सभी चौबीस संबंद्ध जिलों से पंद्रह सौ से भी ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेते है